विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी बारह से उन्नीस जुलाई तक चलेगा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है पांचवी विधानसभा का यह दूसरा सत्र होगा इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी इस दौरान कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे

अस्थाई अध्यक्ष के रूप में श्री क्मार लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नव निर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे वह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भी देखरेख करेंगे श्री क्मार टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सातवीं बार संसद के सदस्य बने हैं नवगठित सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से छब्बीस जुलाई तक चलेगा मुख्यमंत्री माओवाद क्षेत्र सड़क मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का जिम्मा स्थानीय युवकों को दिया जाएगा आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री बघेल ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता हैं उन्होंने कहा कि विशेषकर माओवाद से मुकाबले के लिए स्थानीय युवकों को काम देना जरूरी है इसके लिए बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़कों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस क्षेत्र के युवकों को या उनके समूह को बनाने का काम दिया जाए साथ ही पैंच वर्क या मरम्मत कार्य भी उन्हें ही सौंपे जाए इसका निरीक्षण विभाग के अभियंता तथा अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाए इससे स्थानीय युवकों को स्वरोजगार मिलेगा उनकी आय बढ़ेगी और वे मुख्यधारा से जुड़ेगें मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण के लिए निर्धारित शर्तों में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए

उन्होंने फर्जी ग्राम सभा की जांच कराने अवैध वन कटाई तथा परियोजना से संबंधित कार्यो पर रोक लगाने के लिए भी कहा है आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपक बैज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मुलाकात की इन जनप्रतिनिधियों ने दंतेवाड़ा परियोजना के डिपाजिट तेरह में अवैध रूप से वनों की कटाई के संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत की तथा मुख्यमंत्री से इन कार्यो पर रोक लगाने की मांग की मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि खदान हस्तानांतरण आदि प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर विस्तार का कानून अधिनियम पेशा के तहत वर्ष दो हजार चौदह में कराए गए ग्राम सभा का पालन नहीं किया गया इस दौरान फर्जी रूप से ग्राम सभा आयोजित की गई मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की मांग पर कहा कि संबंधित विषयों पर भारत सरकार द्वारा पत्राचार किया जाएगा और जनभावना की भी जानकारी दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन अपने क्षेत्राधिकार की कार्रवाई करेगा लेकिन खदान पर आधिपत्य और स्वामित्व भारत सरकार के एनएमडीसी का है और उन्हें ही खदान के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है प्रतिनिधि मंडल में विधायक मोहन मरकाम रेखचन्द जैन विक्रम मंडावी पूर्व विधायक देवती कर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे वन कटाई समिति गठित इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनएमडीसी निक्षेप क्रमांक तेरह में पेड़ों की कटाई की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जांच समिति के अध्यक्ष होंगे और मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त तथा वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा इसके सदस्य होंगे

श्री चौबे आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के जल संसाधन पेयजल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने की बैठक में राज्य के लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रक्मार भी उपस्थित थे श्री चौबे ने कहा कि नदी जल विवादों के कारण अनेक राज्यों में कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी है और उपलब्ध जलसंपदा का उपयोग नहीं हो रहा हैं उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल में मामला जाने पर उसके निराकरण में कई साल लग जाते हैं बैठक में श्री चौबे ने छत्तीसगढ़ में चल रही नरवा गरवा घूरवा और बाड़ी योजना का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में नरवा विकास के माध्यम से छोटी र्छोटी नदियों नालों के पानी को रोककर गांव के स्तर पर ही जलसंरक्षण की व्यवस्था की जा रही हैं उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र और राज्य सरकार परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे तो जल संरक्षण की योजनाओं पर बेहतर ढंग से काम हो सकेगा

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जनों से अस्पतालों की व्यवस्था और वहां उपलब्ध स्विधाओं की जानकारी ली बैठक में श्री सिंहदेव ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोर्जेक्ट को राज्य के पाँच विकासखंड मुख्यालयों बस्तर जिले के बकावंड दूर्ग के पाटन महासमुंद के बागबहरा कोरबा के करतला और सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल करने की बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी

श्री बघेल लाभांडी स्थित राधेश्याम भवन पहुंचे और वहां स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की समाधि पर प्रष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि श्री शुक्ल अनेक वर्षो तक केंद्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता गौरतलब है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को झीरम घाटी में कांग्रेस के नेताओं पर हुए माओवादी हमले में अनेक वरिष्ठ नेता शहीद हो गए थे इस दौरान घायल श्री शुक्ल का निधन ग्यारह जून को हो गया था सेनानी सम्मेलन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का सेनानी सम्मेलन नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने कहा कि पुलिस बल की कार्यशैली और मानसिकता को सही ढंग से समझने के लिए सेनानी का पद होना जरूरी है सशस्त्र बल के जवान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं और ज्यादातर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहते हैं इन जवानों ने अनेक अवसरों पर अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है श्री अवस्थी ने कहा कि पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल के उप पुलिस महानिरीक्षक भी अब सेनानी मुख्यालयों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कंपनियों का निरीक्षण करेंगे वे जवानों की समस्याओं और उनके परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयास करेंगे इस अवसर पर श्री अवस्थी ने इन्द्रधनुष योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले आठ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया संक्षिप्त समाचार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में अंतरराष्ट्रीय नर्सेस दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए

साइबर सिक्योरिटी पर रायपुर पुलिस का फेसबुक लाइव कल बारह जून को शाम चार बजे होगा इसमें साइबर अपराध से जुड़े सवालों का जवाब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख देंगे